केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना ज़िले के पालकवाह में ऑक्सीज़न प्लांट स्थापित करने के दिए निर्देश

शिमला समेत प्रदेश के अनेक स्थानों पर दूसरे दिन भी जारी रहा वर्षा का दौर अगले क्छ दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विशेषज्ञों के साथ बैठक कर देश में कोविड और टीकाकरण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की उन्होंने ऑक्सीजन और कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया इसके अलावा महामारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की स्थिति की भी समीक्षा की गई इस बीच देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्यता बढाने के उपायों की भी समीक्षा की गई इस्पात उद्योग रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल इकाइयों उद्योगों बिजली संयंत्र जैसे उद्योग गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं यह ऑक्सीजन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति अपनायी जा रही है जो अपेक्षित शुद्धता वाली गैसीय ऑक्सीजन बना रही हैं अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने ऊना ज़िले के पालकवाह में ऑक्सीज़न प्लांट स्थापित करने के प्रशासन को निर्देश दिए हैं पांच सौ एलएमपी क्षमता वाले इस प्लांट से करीब सौ बिस्तरों को ऑक्सीजन आपूर्ति की जा सकेगी

उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि कोरोना आपदा में जिला प्रशासन लोगों को राहत पहंचाने के लिए काम कर रहा है जिसमें केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र भी निरंतर सहयोग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने इस प्लांट की स्थापना के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ दल को सर्वेक्षण के लिए भेजने के भी निर्देश दिए हैं शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू व लाहौल स्पीति के लिए बजौरा स्थित निजी ऑक्सीज़न प्लांट से ऑक्सीज़न की आपूर्ति की जाएगी उन्होंने आज इस प्लांट का जायजा लिया और कहा कि आपूर्ति शुरू होने से जिले के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण रैफर नहीं करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर एक सप्ताह में ये प्लांट शुरू कर दिया जाएगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में बैड और ऑक्सीजन उपलब्ध है उन्होंने कहा कि भविष्य के हालात को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने पर भी कार्य हो रहा है उन्होंने ऊना ज़िले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कारोना संक्रमितों से फोन पर बातचीत की और उन्हें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा जिले की हिमगिरी और पंजेई पंचायतों का दौरा कर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील की उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाना होगा

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आधार पर देंगे

इसी आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा सीबीएसई ने इस वर्ष की दसवीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मुल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है प्रत्येक विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में बीस में से मिले अंक यथावत बने रहेंगे

उन्होंने कहा कि इस आयुवर्ग के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है

रोहित ठाकुर कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाक्र ने कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हए मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र को स्वास्थ्य विभाग की कमान स्वयं संभालने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर को देखते हए प्रदेश सरकार को जनहित में सीमित लॉकडाउन का विकल्प खुला रखना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग व कृषि क्षेत्र प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है और ऐसे में मजदूर पलायन न करें इसके लिए राज्य सरकार को उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए आश्वासन केन्द्रीय मंत्री पियूष गोयल ने प्रदेश में गेहूं की तर्ज पर धान की खरीद के लिए गोदाम स्थापित करने का आश्वासन दिया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस संबंध में केन्द्रीय मंत्री को पिछले दिनों एक पत्र लिखा था जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ मिलकर इस मुददे पर आने वाले समय में विचार कर कार्य किया जाएगा प्ण्य तिथि हिमाचल निर्माता व प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज पुण्य तिथि है इस अवसर पर प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद किया जा रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि राज्य के ग्रामीणों व किसानों के उत्थान के लिए डॉक्टर परमार ने कई अहम कदम उठाए जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा प्रदेश कांग्रेस ने भी शिमला रिथत पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को श्रद्धासुमन अर्पित किए मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दूसरे दिन भी वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों में दोपहर बाद से गरज के साथ भारी वर्षा हई है इससे तापमान में भारी गिरावट आई है हालांकि जनजातीय इलाकों सहित कुछ अन्य स्थानों में आज दिनभर बादल छाए रहे मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा होने जबकि अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्के हिमपात की संभावना जताई है

उपायुक्त राघव शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं उन्होंने व्यापारी वर्ग से भी कोरोना की रोकथाम के लिए आदेश मानने और समय सारिणी का सही ढंग से पालन करने की अपील की है पर्वतधारा योजना राज्य सरकार ने जलस्रोतों के संवर्द्वन और भूजल में वृद्धि के लिए पर्वत धारा योजना शुरू की है इस योजना को लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों को छोड़ कर शेष सभी जिलों में लागू किया गया है

योजना के अंतर्गत जल संग्रहण जलाशयों के निर्माण के साथ साथ उनका रख रखाव और प्रबंधन किया जा रहा है

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना ज़िले के पालकवाह में ऑक्सीज़न प्लांट स्थापित करने के दिए निर्देश

शिमला समेत प्रदेश के अनेक स्थानों पर दूसरे दिन भी जारी रहा वर्षा का दौर अगले क्छ दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार